आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा क्षेत्र में भारत की सफलताओं का उल्लेख करते हए कहा कि देश के रक्षा तंत्र में और भी मजबुती आई है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है जिसे विश्व की प्रमुख संस्थाओं ने स्वीकार भी किया है श्री मोदी ने कहा कि लोगों के सामूहिक प्रयासों से कारोबार की आसानी के पायदान पर देश ने अमृतपूर्व प्रगति की है प्रधानमंत्री ने कहा कि सौर ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी भारत के प्रयासों का विश्व ने संज्ञान लिया है भारत की महान प्रकृतिक परंपरा का उल्लेख करते हए श्री मोदी ने कहा कि प्रयागराज में अगले वर्ष पंद्रह जनवरी से विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेले का आयोजन होने जा रहा है जिसमें डेढ़ सौ से अधिक देशों के लोगों के आने की संभावना है कुंम की दिव्यता से भारत की भव्यता पूरी दृनिया में अपना रंग बिखेरगी कुंम मेला सेल्फ डिस्कवरी का भी एक बड़ा माध्यम है जहाँ आने वाले हर व्यक्ति को अलग अलग अन्मृति होती है सांसारिक चीजों को आध्यात्मिक नज़रिए से देखते समझते हैं खासकर युवाओं के लिए यह एक बहत बड़ा लर्निंग एक्सपिरियंस हो सकता है समाज में खेलकूद के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि व्यक्ति के सुदृढ़ संकल्प और बुलंद हैंसलों से रूकावटें खुद ही समाप्त हो जाती हैं और कठिनाइयां कमी रूकावट नही बन सकती प्रधानमंत्री ने इस संदर्म में कोरिया में कराटे चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली जम्मू कश्मीर के अनन्तनाग की बारह वर्षीय बालिका हनाया निसार का उदाहरण दिया प्रधानमंत्री ने जूनियर महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता की स्वर्ण पदक विजेता रजनी और साइकिल से विश्व का सबसे तेजी से चक्कर लगाने वाली महिला वेदांगी कुलकर्णी का भी उल्लेख किया प्रधानमंत्री ने कहा कि छब्बीस जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन के बारे में लोगों में बहत उत्सुकता है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक अट्ट संबंध रहा है श्री मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी की एक सौ पचासवी जयन्ती के सिलसिले में देशभर में जो अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उनमें भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा आयोजित ईट राइट इंडिया कार्यक्रम प्रमुख हैं एफ एस एस ए आई सेफ और हैल्दी डाइट हैबिट्स खाने की अच्छी आदतों को बढ़ावा देने में जूटा है इट राइट इंडिया अभियान के अन्दर देश भर में स्वस्थ भारत यात्राएं निकाली जा रही हैं

कभी कभी सरकारी संगठनों का परिचय एक रेगुलेटर की तरह होता है लेकिन यह सराहनीय है कि एक एसएसएआई इससे आगे बढ़कर जन जागृति और लोकरिक्षा का काम कर रहा है उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन ने अयोध्या जिले को सौमाग्यशाली जिला घोषित कर दिया है जिले के गांधी समागार में आज आयोजित एक कार्यक्रम में सौमाग्य योजना के लामार्थियों को सौमाग्यशाली होने का प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया है इस अवसर पर सांसद लल्लू सिंह ने बताया कि अयोध्या में लगभग चौरानबे हजार लामार्थियों को सौमाग्य योजना के तहत निशुल्क बिजली कनेक्शन दिया गया है बिजली का तार न जा पाने की वजह से जिन मजरों का विद्यतीकरण नही हो सका है वहां सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उपलब्ध करायी जायेगी प्रदेश के विमिन्न हिस्सों में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है कुछ जिलों में कोहरे के कारण सड़कों पर आवागमन प्रमावित हो गया है तथा रेल यातायात भी प्रमावित है राज्य के विभिन्न हिस्सों में गलन भरी ठंड पड़ रही है विभिन्न जिलों में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गयी है गोरखपुर सहित विभिन्न पूर्वी जिलों में धूप निकलने के बावजुद गलन भरी ठंड पड रही है कडाके की ठंड और शीतलहर को देखते हये कई जिलों में गरीब तथा असहाय लोगों को कम्बल बांटे जा रहे हैं विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की गयी है

इनमें से ग्यारह लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है उन्होंने बताया कि शेष अभिय्क्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है